भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष तेरह मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट के लिए प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष को उम्मीदवार बनाया है झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए तेरह मार्च नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष षिब् सोरेन ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए यूपीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया पच्चीस मार्च को राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होगा भाजपा के विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष घोषित करें नही तो सदन से सड़क तक भाजपा विरोध करेगी कल भाजपा विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई जिसमें नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित सभी विधायक षामिल हुए मीडिया से बात करते हुए अनंत ओझा ने कहा भाजपा सदन को सुचारू ढंग से चलाना चाहती है परंतु सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधिवत बाबूलाल मरांडी को नेता विधायकदल चुनकर अध्यक्ष को सूचित कर दिया है चुनाव आयोग ने भी जेवीएम के विलय को विधिसम्मत बताया है परंतु सदन में अबतक नेता प्रतिपक्ष के संबंध में निर्णय नहीं हो सका है श्री ओझा ने कहा कि विधायकों की आवाज सदन में नहीं सुनी गई तो भाजपा सदन से सड़क तक इसका विरोध करेगी होली के अवकाष के बाद आज से पुनः विधानसभा की कार्रवाई षुरू हो रही है राज्यसभा में आज दिल्ली हिंसा घटनाओं पर चर्चा होगी संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में इस बारे में विपक्ष के नेता गुलामनबी आजाद की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि दोपहर से पहले दो अध्यादेशों पर चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू की जाएगी विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्यूएचओ ने कहा है कि नये कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को अब महामारी कहा जा सकता है डब्यूएचओ के अध्यक्ष अधानोम घेब्रेयेसस ने जेनेवा में पत्रकारों को बताया कि वे इस वायरस के प्रसार और प्रकोप से निपटने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं डब्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में इसके मरीजों और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले कभी किसी कोरोना वायरस से उत्पन्न ऐसी महामारी नहीं देखी उन्होंने कहा कि सर्वाधिक दुष्प्रभावित देशों में से एक ईरान है स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने कल नई दिल्ली में कोरोना वायरस से उत्पन्न ताजा स्थिति और इसकी रोकथाम तथा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की बैठक में नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिस्सा लिया मंत्री समूह ने फिर कहा है कि यात्रा परामर्श के अनुसार चीन हांगकांग कोरिया गणराज्य जापान इटली थाइलैण्ड सिंगापुर ईरान मलेशिया फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा कर चुके लोगों को भारत पहुंचने की तारीख से चौदह दिन तक खुद ही क्वॉरेन्टीन में अलग थलग रहना चाहिए स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण सावधानियों और हेल्प लाइन नंबर जारी करने के लिए मंत्री समूह को जानकारी दी उन्होंने यह बताया कि बारह देशों से आने वाली उडानों के यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है

राज्यसभा में कल सरकार ने बताया कि पहले चरण में देषभर में मकानों की सूची तैयार करने और आवासों की गणना की जायेगी दूसरे चरण में जनगणना का कार्य अगले साल नौ से अठाईस फरवरी तक किया जाएगा इसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों को छोड़कर पूरे देश में जनगणना में संशोधन कार्य इस साल पहली मार्च से पांच मार्च तक किया जाएगा जम्मे कश्मीार लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तमराखंड के ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में यह काम इस साल ग्यारह सितंबर से तीस सितंबर तक होगा इसके बाद संशोधन का कार्य पहली मार्च से पांच मार्च तक किया जाएगा असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन करने का कार्य मकानों की सूची तैयार करने और आवास गणना के साथ ही किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों को साफ सुथरा और विषाणु मुक्त करने के उपाय करने को कहा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के कई उपाए सुझाए हैं लोगों से कहा गया है कि वे भीड़ से दूर रहें लोगों को सलाह दी गई है कि वे हाथ धोकर ही अपनी आंख नाक या मुंह को छुए हाथों को बार बार साबुन या अन्य रसायनों से धोने की सलाह दी गई है सरकार ने इस बारे में चौबिसों घंटे चलने वाला एक हैल्पलाइन नम्बर शुरू किया है

इनमें केरल के वे तीन मामले भी शामिल हैं जिनमें रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है इस वायरस के दस नये मामलों का पता चला है जिनमें से आठ केरल से और एक एक राजस्थान तथा दिल्ली से है राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी है कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ने अपने आदेष में कहा है कि अगले आदेष तक कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर पर हाजिरी लगायेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है खूंटी जिले में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाईटी द्वारा चलाये जा रहे जनशक्ति से जलशक्ति अभियान से जुड़कर एदेलबेड़ा नाला में बोरीबांध का निर्माण किया सोसाईटी के सदस्यों ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर श्रमदान किया हमारे संवाददाता ने बताया कि बोरीबांध के साथ कंकुसी गांव के लोगों का रास्ता आसान कर दिया गया है नाले से होकर पार होने वाले कंकुसीवासी अब बोरीबांध के उपर से दो और चार पहिया वाहन लेकर आसानी से नाला पार कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीवीसी द्वारा कमांड एरिया के सात जिलों में बकाए को लेकर अठारह अठारह घंटे डीवीसी द्वारा बिजली की कटौती किये जाने की जानकारी मिली है सरकार इस मामले की बहुत जल्द समीक्षा कर इसका सामाधान करेगी बिजली व्यवस्था बेहतर करना सरकार की प्राथमिकता है भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी बचत खाता धारकों के लिए औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता कल समाप्त कर दी अब सभी बचत खाता धारकों को जीरो बैलेंस खाते की सुविधा मिलेगी अभी मेट्रो शहरों के बचत खाता धारकों को औसत तीन हजार रुपये छोटे षहरों में दो हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के बचत खाता धारकों को एक हजार रुपये अपने खाते में रखने होते थे